इस अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में शौर्य स्मारक से करेंगे अभियान के तहत जिला मुख्यालयों सहित उन स्थानों पर भी कार्यकम आयोजित किये जाएंगे जिनका आजादी में किसी न किसी प्रकार का योगदान रहा है

प्रदेश में कदम कदम पर स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाए मौजूद है प्रत्येक जिले के अलावा ऐसे सभी स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम शौर्य स्मारक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्यो शेखर शुक्ला ने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आयोजन मप्र से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों जैसे चंद्रशेखर आजाद तात्या टोपे रानी द्वर्गावती बिरसा मुंडा और कई अन्य वीरों से जुड़े स्थलों पर किया जायेगा दूसरी ओर आज ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का शुभारम करेंगे इस उपलक्ष्य में वे गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना करेंगे

आज का दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से भी जुडा है

महाशिवरात्रि पर व्रत के कारण कल कोविड वैक्सीन देने की संख्या में कमी रही अब तक साठ वर्ष से अधिक उम्र के लगभग साठ हजार लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है

अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं को टीके लगाने का काम पिछले महीने की दो तारीख से शुरू हुआ था

इसमा शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार समारोह की अध्यक्षता करेंगे

उप सचिव श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि अनुगंज समारोह स्कूल शिक्षा विभाग का एक रचनात्मक प्रयास है जो विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनके रचनात्मक और सर्वागीण विकास पर केंद्रित है मिशन नगरोदय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय के तहत आज विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओँ के तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए के हितलाभ का वितरण करेंगे राज्यस्तरीय कार्यक्रम दोपहर डेढ़ बजे से शाम साढ़े चार बजे तक आयोजित किया जाएगा

क्वाड बैठक चार देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज वर्च्यअल माध्यम से होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे मौसम प्रदेश में बने चकवात के चलते कई जिलों में कल से बादल छाये हए हैं और कई स्थानों पर बारिश हई है राजधानी भोपाल में बीती रात बादल छाये रहे और आज सुबह ब्रंदाबांदी हई

वहीं जबलप्र में तेज आधी चली पचमड़ी में हल्कि बारिश हुई वहीं छिंदवाड़ा और सागर में भी मामूली बारिश हुई

क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच पांच ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा

आकाशवाणी से इस मैच का आंखो देखा हाल शाम छह बजकर तीस मिनट से एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा

इस दिन जिले में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम होंगे

ये उत्सव तीन दिनों तक चलेगा

नमस्कार